मास्क पहने दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें पीएम संविधान दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत अब आतंकवाद से निपटने के लिए नई नीतियां अपना रहा है

प्रधानमंत्री ने उन सभी लोगों को श्रदधांजलि दी श्री मोदी ने कहा कि भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं लेकिन इन सब में एक खास विशेषता कर्तव्यों के महत्व की है उन्होंने कहा कि गांधी जी मानते थे कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं और इसलिए जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अधिकार स्वतः ही स्रक्षित हो जाएंगे संविधान दिसव राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान दिवस पर भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया उन्होंने राष्ट्रपति भवन से प्रस्तावना का पाठ कराया जिसे द्रदर्शन दवारा प्रसारित किया गया और इसमें देश के विभिन्न भागों से लोग शामिल हए

संविधान दिवस देशभर में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है

प्रदेश संविधान दिवस प्रदेश में आज संविधान दिवस के अवसर के सभी जिलों में अधिकारियो और कर्मचारियो ने संविधान की शपथ ली अल्मोड़ा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने पुलिस अधिकारियो और कर्मचारियों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द दवारा लाईव प्रसारण के माध्यम से संविधान निर्माताओं को स्मरण कर संविधान की एकता अखण्डता सम्प्रभूता को बनाये रखने के लिए शपथ दिलायी चम्पावत में जिलाधिकारी सुरेंद्र नारायण पांडे ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा के साथ संविधान में दिए गए मूल कर्तव्यों का पालन करने की शपथ दिलाई इसके साथ ही जिले के तहसीलों और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में भी शपथ ली गयी बागेष्वर जिले के प्रभारी जिलाधिकारी हंसादत पांडे और अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार चनियाल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाते हए सभी को संविधान दिवस पर बधाई दी रुद्रप्रयाग में सभी तहसील और ब्लाक मुख्यालयों पर संविधान को आत्मसात करने और संविधान की प्रस्तावना का पालन करने की शपथ ली गई इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी दवारा बेरोजगार युवाओं और विभागीय कर्मचारियों के साथ संविधान दिवस मनाया गया इस बीच आकाशवाणी देहरादून में अधिकारियों कर्मचारियों ने संविधान की शपथ ली

महिलाओं को अपने घर और आसपास की अन्उपयोगी भूमि में फल सब्जियां और औषधीय पादप उगाकार आजीविका अर्जित करने के ग्र सिखाए गए प्रशिक्षण में उच्च मूल्य वाली गैर मौसमी फसलों के उत्पादन और उनसे होने वाले आर्थिक लाभ के बारे में भी जानकारी दी गई इस दौरान बटन मशरूम शिमला मिर्च चायनीज गोभी टमाटर जैसी सब्जियों सहित औषधीय पादपों के उत्पादन और कम्पोस्ट बनाने की विधि का व्यावहारिक ज्ञान दिया गया

इससे देहरादून और उसके उपनगरीय क्षेत्रों की आबादी को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इसके लिए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का आभार जताया उन्होंने कहा कि इस योजना ग्रैविटी आधारित पेयजल की आपूर्ति के साथ ही ऊर्जा उत्पादन में भी मदद मिलेगी सिंचाई के लिये पानी की उपलब्धता से कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हए जिलाधिकारियों दवारा कंटेन्मेंट जोन का सावधानीपूर्वक सीमांकन सुनिश्चित करना होगा संबंधित जिलाधिकारियों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कंटेन्मेंट ज़ोन की सुची वेबसाइट पर अधिसूचित करनी होगी यह सूची स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी साझा करनी होगी कंटेन्मेंट जोन के भीतर स्वास्थ्य मंत्रालय दवारा निर्धारित रोकथाम के उपायों की जांच की जाएगी कंटेन्मेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अन्मति दी जाएगी चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में या उससे बाहर के लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित होगी राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश स्थिति का आकलन करने के बाद कोविड महामारी के फैलाव को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रात के कर्फ्य् जैसी पाबंदियां लगा सकते हैं लेकिन वे केन्द्रसरकार से परामर्श के बिना कन्टेंमेंट जोन के बाहर के इलाकों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे आम लोगों और सामान के एक राज्य से दुसरे राज्य और एक राज्य के भीतर आने जाने और लाने ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी इन दिशा निर्देशों का मुख्य उददेश्य देश में कोविड के प्रसार पर काबू पाने के लिए किए गए कार्यो पर ध्यान केन्द्रित करना और प्राप्त लक्ष्यों को प्रदर्शित करना है

देहरादून के जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव ने नगर मजिस्ट्रेट सहित सभी उप जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिये हैं साथ ही नगर निगम देहरादून और ऋषिकेश सहित सभीनगर पालिका परिषदों को साप्ताहिक बन्दी के दिन व्यापक सफाई अभियान के साथ ही वृहद्ध स्तर पर सैनिटाईजेशन कराने को कहा है उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को सर्विलांस कार्य के साथ ही व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने और इसकी नियमित समीक्षा करने का आदेश दिया है साथ ही बाजारों सार्वजनिक स्थानों पर मास्क ना पहनने और सामाजिक दूरी के मानकों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिये जिलाधिकारी ने जनमानस से अपील करते हुए कहा कि अनावश्यक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचे मौसम उतराखंड में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश से मौसम बहत सर्द हो गया है टिहरी की पर्यटन नगरी धनौल्टी में साल की पहली बर्फबारी हुई यहां सुरकंडा देवी तपोवन नागटिब्बा पवाली कांठा जैसे चोटियों में बारिश और बर्फबारी से क्षेत्र में ठंड में वृदधि हई है उत्तरकाशी के पहाड़ी क्षेत्र भी बर्फ की चादर से ढक गए हैं बीती रात गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के अलावा दयारा ब्ग्याल हरकीदन घाटी में बर्फबारी हई चमोली जिले में लगातार तीसरे दिन भी ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में काले बादल छाए रहे बद्रीनाथ हेमकुंड फूलों की घाटी औली रूपकंड रुद्रनाथ बेदिनी बुग्याल में बर्फबारी होने के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है बागेश्वर और अल्मोड़ा में बादल छाने से ठंडक बढ़ गई है नैनीताल जिले में हल्की बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट देखने को मिली है बारिश और बर्फबारी के कारण चल रही शीतलहर से जनजीवन पर भी असर पड़ा है

स्बह और शाम को तापमान में गिरावट आएगी